शुन्यकाल में भाजपा सदस्य कालीचरण सर्राफ अषोक लाहौटी और वासुदेव देवनानी ने एनएचएम में कंम्यूनिटी हैल्थ वर्कर्स के भर्ती प्रकरण की सीबीआई जांच कराने और चिकित्सा मंत्री रघ शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की वहीं उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने अवैध बजरी खनन का मामला उठाया उन्होंने आरोप लगाया कि पुर्ववर्ती गहलोत सरकार के कारण ही बजरी संकट का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि बजरी माफियाओं की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है और बजरी माफिया बेखौफ तरीके से पुलिस पर हमला करके अपना कारोबार कर रहे है इस मामले में सत्ता पक्ष की ओर से जवाब नहीं आने पर भाजपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया जबकि संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की मंषा जाहिर की जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया श्री धारीवाल दवारा विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की बार बार मंषा जाहिर करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी प्रकट करते हुए सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी

यदि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो सरकार परियोजना की लागत की आधी राषि भी उपलब्ध कराएगी

लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इन परियोजनाओं के लिए आधी राषि राज्य द्वारा वहन करने से इनकार कर दिया जिस कारण इन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पाया सदन में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इन परियोजनाओं को चालू कराने का वादा किया था इसीलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह मुफत जमीन और परियोजना की आधी राषि वहन करेगी या नहीं

श्री मेघवाल ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा अप्रैल में परिपत्र जारी किया गया इसके तहत आवेदन पत्रों को प्रमाणित करने के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को अधिकृत किया गया था उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही देरी को देखते हुए इस संबंध में जून में निर्देश फिर से जारी कर ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी और नगर स्तर पर संबंधित कमिश्नर एसडीओ को आवेदन पत्रों के प्रमाणीकरण के लिए अधिकत किया गया

प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ के प्रश्न का जवाब देते हुए श्री जूली ने बताया कि पिछले दिनों श्रमिक कल्याण से संबंधित योजनाओं में अपात्र लोगों की ओर से लाभ लेने की शिकायत मिली थी

आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रक्रियाधीन भर्तियों में आर्थिक पिछड़े वर्ग तथा अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है

श्री गहलोत ने इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया उन्होंने कहा कि भामाशाहों ने शिक्षा जैसे पवित्र कार्य के लिए जो सहयोग किया है उसका एहसास सरकार को है उन्होंने कहा कि सरकार की अच्छी साख और सेवाभाव में विश्वास के कारण ही भामाशाहों ने शिक्षा के लिए बढ चढ कर आर्थिक सहयोग दिया है

श्री मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार पद संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की यह पहली कड़ी होगी

नागौर डेह मार्ग पर नागौर के पास ट्रेलर की टक्कर से स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई बांसवाडा नगर परिषद की ओर से आज शहर के पाला रोड सब्जी मण्डी में अस्थाई अतिक्रमण हटाये गये

साथ ही बरसात न होने से तापमान में बढोतरी से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गयी है

तेज गर्मी के कारण पेयजल की किल्लत भी बढ़ गयी है